ऐसे में भाजपा व कांग्रेस दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के बड़े नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनसमर्थन जुटाने की पुरजोर कोशिश कर रहें है भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज धर्मशाला के सिद्धबाड़ी में पार्टी प्रत्याशी विशाल नैहरियां के पक्ष में चुनावी जनसभा को सम्बोधित करेंगे इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज सुबह भागसुनाग में चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी की दूसरी ओर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री धर्मशाला से कांग्रेस उम्मीदवार विजय इन्द्र कर्ण के पक्ष में प्रचार करेंगे वहीं पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा व कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं

इसके अलावा दाड़ी में एक सहायक मतदान केन्द्र भी स्थापित किया गया है

मुख्य सचिव प्रदेश सरकार हिमाचल को देश का पसंदीदा पर्यटन गंतव्य बनाने के लिए कृतसंकल्प है मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने कल शिमला में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि पर्यटन परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाना चाहिए उन्होंने साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को साहसिक खेलों की संभावना वाले स्थलों को चिन्हित करने के निर्देश भी दिए मैराथन आपदा प्रबंधन जागरूकता को लेकर चम्बा में कल हॉफ मैराथन का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने भाग लिया उपायुक्त विवेक भाटिया ने कहा कि इसका उद्देश्य लोगों को प्राकृतिक आपदा के बारे में जागरूक करना था

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर छात्रवृति घोटाले से जुड़ी खबर को आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है

आपका फैसला के अनुसार छात्रवृति घोटाला हाईकोर्ट ने सीबीआई को भेजा नोटिस जबकि हिमाचल दस्तक लिखता है हाईकोर्ट पहुंचा स्कॉलशिप फर्जीवाड़ा

दैनिक सवेरा टाइम्स ने ख़बर दी है हिमाचल में बिल्डरों को करवाना होगा पंजीकरण सरकार ने मुख्य सचिव को बनाया रेरा का भू संपदा विनियामक प्राधिकारी इसी ख़बर पर हिमाचल दस्तक का शीर्षक है मुख्य सचिव बाल्दी बने रेरा के चीफ उपचुनाव से जुड़ी खबर पर अमर उजाला लिखता है आज शाम थमेगा शोर कल डोर टू डोर प्रचार आपका फैसला ने मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के बयान को सुर्खी दी है कांग्रेस के पास ना नीति ना कोई कार्यक्रम बस आरोप लगाने का ही काम दैनिक जागरण की एक ख़बर है टैकनोमैक घोटाले में एक और चार्जशीट जल्द